प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केन्द्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है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 श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है

इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के साढे सात हजारवें जन औषधि केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी जिससे छोटे किसानों को फायदा पहंचेगा

उपराष्ट्रपति ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के प्रथम स्नातक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सकों वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के समय से और निर्णायक कदम उठाने से वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है

राज्य में अब तक तीन लाख पचास हजार उनसठ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है इनमें से तीन लाख तेरह हजार एक सौ इक्यानवें हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं वहीं अब तक तिरसठ हजार एक सौ छियासी लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका ले लिया है

अब तक राज्य में एक लाख बीस हजार दो सौ सत्रह संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें से एक लाख अठारह हजार छह सौ पैंसठ की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है इस समय राज्य में कुल चार सौ इकसठ सक्रिय मामले हैं

पिछले दो दिनों से हो रहे परीक्षण में हंसडीहा से गोड्डा के पोड़ैयाहाट होते हए गोड्डा नगर के मुख्य स्टेशन तक कमीशन ऑफ सेफ्टी के रूप में छह घंटे का परीक्षण किया गया रेल सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी और अभियंता प्रमुख राजीव कुमार गुप्ता ने हंसडीहा से गोड्डा के पोड़ैयाहाट होते हुए गोड्डा नगर स्टेशन तक का सेफ्टी परीक्षण किया

मालदा डिविजन के डीआरएम यतींद्र क्मार ने कहा कि यह परीक्षण सफल रहा है उन्होंने कहा कि एक दो दिन में ही हम ट्रेन चलाने में सक्षम है गोड़डा से नई दिल्ली तक के लिए हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही दिनों में खुलने की संभावना है जो केंद्र सरकार ने गोड़डा को तोहफे के रूप में दिया है डीआरएम ने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे का इस ट्रेन का परिचालन आरंभ कराने में योगदान रहा है

अभियान को लेकर जल्द केंद्रीय टीम धनबाद आने वाली है जिले के सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से बताया गया कि अभियान के तहत जिले में कुष्ठ मरीजों का इलाज उनके रहने की व्यवस्था जीवनयापन के साधन आदि के बारे में केंद्रीय टीम जायजा लेगी जिला कृष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर सुधा सिंह ने बताया कि मरीजों को विशेष चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कृष्ठ मरीजों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है इसके तहत ऐसे मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है

डॉक्टर सुधा सिंह ने बताया कि धनबाद में कुसुंडा बांसजोरा लोयाबाद बरमसिया आदि में दिव्यांग जनों के लिए विशेष आवास बनाए गए हैं

इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा तैयार प्रस्ताव को आगामी बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा प्रस्ताव के अनुसार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और राजभवन के चारों ओर मुख्यमंत्री निवास के सामने हरमू मुक्तिधाम से बिरसा चौक तक पेवर्स ब्लॉक लगाया जायेगा जिसके तहत पैदल चलने वालों और साईकिल चलाने वालों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाया जायेगा

कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में निवेशकों को न्योता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने विकास को गति प्रदान करने और वायदे के मुताबिक किसानों की कर्जमाफी को लेकर उठाये गये कदम का स्वागत किया जाना चाहिए इन फैसलों से राज्य के लोगों में उम्मीद की एक नयी किरण जगी है झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के नेतृत्व में आज राजधानी के चुटिया स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर परिसर में निःशुल्क राजीव गांधी मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चार सौ से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर निश्ल्क दवाईयां दी गई सिमडेगा पुलिस ने अवैध गांजा की एक बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया वे ओडिशा से अवैध गांजा लेकर सिमडेगा के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे थे इसी दौरान सिमडेगा पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया पुलिस के अनुसार बरामद गांजा का मूल्य करीब छप्प्न लाख रूपए है पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने बताया कि ठेठईटागंर थाना प्रभारी को इस सफलता के लिए पुरस्कृत किया जायगा उधर गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल चौक के पास बिजली के पोल से गिरकर आज दोपहर एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई पुलिस के अनुसार बिजली मिस्त्री पलहरापुर गांव का निवासी था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी आठ मार्च को रांची जिले में महिलाओं के लिए कई विशेष आयोजन किये जा रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय रेल ने सोमवार को होने वाले इन कार्यक्रमों की जानकारी साझा की है